एक ट्वीट में श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और उनसे संबंधित एक वीडियो साझा किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रतिवर्ष पचीस सितंबर को अन्त्योदय दिवस का आयोजन किया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म उन्नीस सौ सोलह को मथ्रा में हुआ था एक उत्कष्ट संगठनकर्ता और निष्ठावान नेता के रूप में वे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक और प्रेरणास्नोत रहे पंडित उपाध्याय ने व्यक्तिगत निष्ठा के सर्वोच्च मानकों का पालन किया वे भाजपा की स्थापना के समय से ही वैचारिक दिशा निर्देश देने वाले और नैतिक प्रोत्साहन के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं प्रदेश सरकार ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भूगतान के लिए पांच हजार पांच सौ पैंतीस करोड़ रूपये का आवंटन कर दिया है इस धनराशि से चीनी मिलों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी आज लखनऊ में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना किसानों के सभी देयों का भुगतान इस वर्ष नवम्बर माह तक कर दिया जायेगा गत पेराई सत्र के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सभी चीनी मिलों को साढ़े चार रूपये प्रति कुन्टल की दर से पांच सौ करोड़ रूपये का अनुदान दिया जायेगा पेराई सत्र दो हजार सोलह सत्रह और सत्रह अट्ठारह के बकाया गन्ना भुगतान के लिए निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रूपये का साफ्ट लोन विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बकाया गन्ना मुत्य भुगतान के लिए एक हजार दस करोड़ रूपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है बैठक के दौरान अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के साथ प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा क्षेत्र में गंगा सेत करैती घाट पहंच मार्ग के लिए दो सौ अड़तालीस करोड़ नवासी लाख रूपये की धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है इलाहाबाद में अगले वर्ष लगने वाले कुंभ मेला में अस्थायी विद्युतीकरण और अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए दो सौ छब्बीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये की धनराशि अनुमोदित की गई है स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुरू होने के पहले दिन ही एक हजार लोगों को फायदा पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को झारखण्ड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्वास्थ्य की देखमाल का यह विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम है इसका लक्ष्य पचास करोड़ से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाना है योजना के अंतर्गत दस करोड़ से अधिक परिवारों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा स्वास्थ्य बीमा में प्रतिवर्ष पांच लाख रूपये की व्यवस्था होगी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होगी प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवार के रिकॉर्ड के बारे में जानने का अधिकार है और राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों से संबंधित रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर डालने होंगे प्रधान न्यायाधीश ने उम्मीदवारों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि संसद को यह सुनिरिवत करना चाहिए कि अपराधी राजनीति में न आने पाएं न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने भी विधायिका से राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार करने को कहा था सांसदों विघायकों और कियान परिषद सदस्यों के वकालत करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को आज शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया न्यायालय ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम इन्हें वकालत करने से नहीं रोकते प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड की पीठ ने इस संबंध में पेश की गई जनहित याचिका पर नौ ज्लाई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था शीर्ष न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश अमिताव रॉय की अध्यक्षता में आज तीन सदस्यों की एक समिति बनाई जो देश में जेल सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी और इस संबंध में उपायों के सुझाव देगी यह समिति महिला कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी विचार करेगी एक अन्य फैसले में उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल के संरक्षणके लिए अपना दृष्टिकोण पत्र पेश करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई समयावधि पन्द्रह नवम्बर तक बढ़ा दी है